सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा कांग्रेस ने वरिष्ठ विधायक एनपीप्रजापति को उम्मीदवार बनाया है वहीं भाजपा की ओर विजय शाह विधानसभा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है आमतौर पर विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष की ओर से ही चुना जाता है लेकिन लगभग पांच दशक बाद यह परंपरा ट्रटने जा रही है

कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक सक्सेना ने विधायकों को शपथ दिलायी दो विधायक यशोधराराजे सिंधिया और मालिनी गौड़ सदन में उपस्थित नहीं होने के कारण शपथ नहीं ले पायीं नेताप्रतिपक्ष भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है पार्टी सूत्रों ने बताया कि श्री भार्गेव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए पार्टी विधायक दल की कल शाम बैठक रखी गई थी इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राकेश सिंह शामिल हुए थे इसी बैठक में श्री भार्गव के नाम पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुहर लगाई गई कर्जमाफी राज्य सरकार ने फसल ऋणमाफी योजना को लागू करने के लिये विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से राज्य के कोष से राशि पात्र किसान के फसल ऋण खाते में जमा कराई जाएगी

योजना में वे कृषक शामिल नहीं होंगे जो सांसद विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष नगरपालिकानगर पंचायतनगर निगम के अध्यक्ष महापौर कृषि उपज मण्डी के अध्यक्ष है योजना में उन किसानों को भी शामिल नहीं किया जायेगा जो आयकर दाता है

सर्वर डाउन होने के कारण यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है

वर्तमान में एसआरडीएच सर्वर डाउन होने के कारण उपभोक्ताओं को राशन वितरण में परेशानी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की कल हुयी बैठक में यह निर्णय लिया गया

इसके लिए शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज संविधान संशोधन विधेयक लायेगी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने केन्द्र सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ आज दोपहर बाद नई दिल्ली में एक समारोह में इसका शुभारंभ करेंगे आकाशवाणी के साथ बातचीत में श्री राठौड़ ने कहा कि यह एक सकारात्मक और स्वागत योग्य कदम है क्योंकि रेडियो नागरिकों के लिए सबसे बड़ा जन संचार माध्यम है सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से रेडियो की लोकप्रियता बढ़ी है

पिछले साल यह छह दशमलव सात प्रतिशत थी कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के कामकाज में सुधार से अर्थव्यवस्था में वृद्धि की संभावना बढ़ी है

धार्मिक अनुष्ठानों के लिये अनुदान का प्रावधान भी किया जायेगा

सम्मान समारोह में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीतासरन शर्मा पूर्व जनसम्पर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा तेंद्रखेड़ा विधायक संजय शर्मा और मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी विचार व्यक्त किये इस मौके पर सामाजिक एकता एवं सद्भाव के लिये ब्राह्मण समाज के योगदान को रेखांकित किया समारोह में महापौर आलोक शर्मा भी उपस्थित थे मौसम प्रदेश के अनेक स्थानों पर कोहरे के चलते ठंड के तेवर फिर से तल्ख हो गए हैं

मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार पहाड़ों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में हुई बारिश के चलते प्रदेश के मौसम में यह बदलाव देखने को मिला है हालांकि रीवा और जबलपुर संभागों के कुछ स्थानों में अचानक मौसम बदल गया और हल्की ब्रंदाबांदी भी हयी कल सुबह सुबह प्रदेश के उत्तर इलाकों के साथ पूर्वोत्तर के अनेक हिस्सों के अलावा भोपाल और इंदौर संभाग में कोहरा देखा गया जिसके चलते ठंड बढ़ गई

मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक अभी मौसम इसी तरह का बना रहेगा

पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है